मुख्यमंत्री आज जम्मू से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव सचिवों और उपायुक्तों के साथ आयोजित बैठक में बोल रहे थे उन्होंने अधिकारियों को स्थिति पर निगरानी रखने और इस महामारी से लड़ने के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि कोरोना रोगियों को उपचार की उचित सुविधा मिले उन्होंने अधिकारियों को लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क का उपयोग करने तथा परस्पर दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करने को भी कहा मुख्यमंत्री ने लोगों से सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहने की अपील भी की ताकि महामारी के फैलने की संभावना को कम किया जा सके उन्होंने अधिकारियों को बर्फबारी के दृष्टिगत सड़कों के उचित रखरखाव के निर्देश भी दिए राजीव सैजल कोरोना सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों की पहचान के लिए आज से राज्य के सभी जिलों में हिम सुरक्षा अभियान शुरू हो गया सोलन में इस अभियान की शुरूआत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने लोगों को कोरोना नियमों के पालन की शपथ दिलाई उन्होंने इस मौके पर कहा कि सर्दियों में कोरोना संक्रमण के अधिक बढ़ने की आशंका को देखते हुए सभी को नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए ताकि इस महामारी पर काबू पाया जा सके स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार से कोरोना से निपटने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है और इसमें जनता की भागीदारी ज़रूरी है महेन्द्र सिंह इस बीच जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर सरकार राज्य में स्थित निजी अस्पतालों को टेक ओवर करेगी ताकि कोरोना महामारी से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके महेन्द्र सिंह ठाकुर आज मंडी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को बेहतर से बेहतर उपचार देने के लिए प्रयासरत है और इसी के तहत मंत्रिमंडल ने ज़रूरत की स्थिति में निजी अस्पतालों को टेकओवर करने को मंजूरी दी है उन्होंने मंडी में ज़िला स्तरीय हिम सुरक्षा अभियान की विधिवत शुरूआत भी की और जागरूकता वाहन को झण्डी दिखाकर रवाना किया जल शक्ति मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हिम सुरक्षा अभियान में किसी प्रकार की कोताही न बरते

सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला में ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आईजीएमसी शिमला से इसकी आपूर्ति की जाएगी भारद्वाज ने शिमला में कहा कि आईजीएमसी में सरप्लस ऑक्सीजन के चलते ये निर्णय लिया गया है

इस ओवर हैड ब्रिज के बनने से पैदल चलने वालों को काफी आसानी होगी उन्होंने बाद में सांगटी में वार्ड कार्यालय का लोकार्पण भी किया कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और अन्य नेताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन पर गहरा शोक जताया है नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि अहमद पटेल का निधन एक अविश्वसनीय घटना है और उनके निधन से पार्टी ने एक अनमोल तथा विश्वसनीय नेतृत्व खो दिया है मौसम प्रदेश में आज चौथे दिन भी वर्षा व बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा राज्य के जनजातीय व अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में आज भी दिनभर रूक रूक कर हिमपात होता रहा जिससे पूरा प्रदेश जोरदार शीत लहर की चपेट में है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सोलंग नाला और गुलाबा में आज दिनभर रूक रूक कर हिमपात होता रहा यहां हो रही बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक मनाली पहुंच रहे हैं नारकंडा और कुफरी में भी आज दोपहर बाद हल्का हिमपात होने का समाचार है जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति किन्नौर और चंबा ज़िला के पांगी तथा भरमौर और धौलाधार पहाड़ियों पर भी आज दिनभर हिमपात की सूचना है राजधानी शिमला सहित राज्य के मैदानी ज़िलों सोलन सिरमौर ऊना बिलासपुर कांगड़ा हमीरपुर और मंडी के कई स्थानों पर भी आज हल्की वर्षा हुई तथा दिनभर घने बादल छाए रहे डीसी कुल्ल कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कहा है कि ज़िले में लागू रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी ज़िले में रात्रि कर्फ्यू की अधिसूचना आज जारी की गई उपायुक्त ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे मालवाहक वाहनों पुलिस सेना अर्धसैनिक बल अन्य सुरक्षा बलों तथा स्वास्थ्य सेवा में लगे लोगों और वाहनों को भी कर्फ्यू के दायरे से बाहर रखा गया है